श्री गहलोत के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित हुए किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने अगले चार साल तक बिजली के दाम नहीं बढाने का वायदा करते हुए कहा कि हर ग्राम प्रचायंत में पशु चिकित्सा केंद्र खोले जायेंगे

साथ ही गांव अतिकमण से भी मुक्त हों मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही महिलाओं को संसद में तीस प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठाया है श्री गहलोत ने सरकारी भर्तियों का जिक करते हुए कहा कि परीक्षाओं को आगे खिसकाना उचित नहीं है

कार्यक्रमों की कडी में आज जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष एक फैसले अनेक थीम पर प्रदर्शनी की भी शुरुआत हुई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्ष एक फैसले अनेक पुस्तक का विमोचन किया सुबह जयपुर के अल्बर्ट हॉल से रन फोर निरोगी राजस्थान का आयोजन किया गया

आरोप पत्र जारी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है किसान और युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है

न्यायालय ने सवाल किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बसों को क्यों जलाया गया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले निचली अदालतों में जाना चाहिए

विभाग के जयपुर स्थित कार्यालय के उप महानिदेशक एसएल मनारिया ने बताया कि यह सर्वेक्षण अगले साल जनवरी से शुरू होगा जो पूरे वर्ष चलकर दिसंबर में खत्म होगा उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है

इस दौरान ग्रामीणों ने चारे और पानी की समस्या के साथ ही रोजगार की समस्या से अवगत कराया उन्होंने केन्द्रीय दल से अधिकारिक राहत दिलाने का अनुरोध किया अंतर मंत्रालयिक दल के सदस्य कल जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्थिति के बारे में रिपोर्ट लेंगे

इसी कडी में जोधपुर और जैसलमेर जिला एवं संत्र न्यायालयों में भारत के संविधान और चुनाव कानून सहित विभिन्न कानूनों से जुडी पुस्तकों की प्रदर्शनी कल और आज आयोजित की गई

प्रदर्शनी में ये पुस्तके बिक्री के लिये भी उपलब्ध है

जिले की पोक्सो अदालत ने आज इस संबंध में फैसला सुनाया चूरू की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि तीस नवम्बर को इस संबंध में भानीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी मामले की गंभीरता को देखते हुए मात्र सात दिन में अनुसंधान पूरा किया गया और आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर प्रतिदिन सुनवाई के लिए न्यायालय में निवेदन किया गया था

पुलिस ने जीप से एक पिस्तोल जिंदा कारतूस और कई फर्जी नम्बर प्लेट भी बरामद की आरोपी मौके से फरार हो गये

उसने ये रिश्वत एक मुकदमे में धारा हटाने की एवज में परिवादी से मांगी थी

राज्य के कई स्थानों पर आज भी सुबह कोहरा छाये रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पडा मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में ठण्ड और बढने की संभावना जताई है तेज ठण्ड से जयपुर भीलवाडा अलवर सीकर झुंझुनूं बारा बूंदी झालावाड कोटा चित्तौडगढ करौली और धौलपुर जिले प्रभावित रहेंगे वहीं पश्चिमी राजस्थान में तेज ठण्ड के साथ कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा इनमें विशेष रूप से बीकानेर संभाग के जिले शामिल है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट हुई